आज सुबह गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एकता दिक्स परेड में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारियों की परेड देखकर पुलवामा हमले को याद आ गई श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों मजदूरों गरीबों और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है राष्ट्र रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ रहा है उन्होंने महामारी से लडाई में योगदान के लिए कोरोना योद्वाओं की प्रशंसा भी की श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए पुरी तरह से तैयार हैं आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है आज का भारत सीमाओं पर सैंकड़ों किलोमीटर लंबी सड़के बना रहा है दर्जनों ब्रिज अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है अपनी संप्रमुता और सम्मान की ख्वा के लिए आज आज का भारत पूरी तरह सज्ज है प्रतिबद्ध है कटिबद्ध है पूरी तरह तैयार है इससे पहले प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की एक सौ पैंतालिसवीं जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले में केवडिया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पृष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर गुजरात के पुलिस बल केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीमा सुरक्षा पुलिस बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया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 प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ की महिला अधिकारियों की राईफल ड्रिल भी देखी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक सेवा प्रोबेशनरों का आह्वान किया है कि वे लोगों के साथ खुद को जोडें और जवाबदेह बनें प्रधानमंत्री ने प्रोबेशनर लोकसेवकों से आत्मनिर्मर भारत के लक्ष्य को हासिल करने और लोकल फॉर वोकल को अपनाने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लम भाई पटेल ही लोक सेवा के जनक थे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रोबेशनर लोक सेवक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री से जुड़े थे इस बीच प्रधानमंत्री ने देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरूआत भी की राष्ट्र आज लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ पैंतालिसवीं जयंती मना रहा है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 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड और गुहमंत्री अमित शाह ने आज सुबह नई दिल्ली में पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर प्रष्पांजलि अर्पित की सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को बधाई दी है श्री जावड़ेकर ने ट्वीट कर सरदार पटेल को श्रद्वांजलि दी है और कहा है कि लौहपुरुष ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सरदार वल्लभगई पटेल की जयंती के अवसर पर राजभवन स्थित मृख्य लॉन में स्थापित सरदार वल्लभगई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया तथा प्ष्प चढ़ाकर श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश के कई जिलों से भी सरदार पटेल की जयंती मनाने का समाचार हैं विदेश मंत्री डॉ एसजयशंकर के सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आज रात साढे नौ बजे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क से प्रसारण किया जाएगा केन्द्रीय अत्यसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्वास नकवी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगे सरदार वल्लमभाई पटेल देश के पहले सुचना प्रसारण मंत्री थे उनकी स्मृति में आकाशवाणी प्रतिवर्ष सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान का आयोजन करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी सामानों की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि दाल और सब्जी आम लोगों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए राज्य सरकार ने आम लोगों को उचित कीमत पर आलू और प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है आज पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में श्रीमती गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की प्रदेश के कई जिलों में कॉग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रीमती गांधी को उनके प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित कर के उन्हें याद किया गया प्रदेश में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनायी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि प्रम् श्री राम के आदर्श चरित्र को कलमबद्द करके घर घर पहुंचाने वाले महान देवतुल्य ऋषि को कोटि कोटि नमन श्री योगी ने आज ट्वीटकर कहा महर्षि वाल्मीकि जी का ही आध्निक रूप हैं हमारे इस कालखंड के ऋषि पूज्य बाबा तुलसीदास जी जिन्होंने श्रीरामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा प्रुषोत्तम प्रभ् श्री राम की कथा को घर घर तक पहंचाने का कार्य किया